राज्य के गृह मंत्री ने पुलिस अधिकारियों को अपराघों पर नियंत्रण पाने के लिए शाम के समय अनिवार्य रूप से पेट्रोलिंग करने के दिए निर्देश प्रदेश में इन दिनों चल रहा है मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य युवा मतदाता जुड़वा सकते हैं अपना नाम तापमान में गिरावट के साथ प्रदेश में ठंड ने दी दस्तक बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण कुछ स्थानों पर हो सकती है हल्की वर्षा

शनिवार को विभिन्न जिलों से दो हजार दो सौ चौरासी नये कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई स्वास्थ्य विभाग के अनुसार एक हजार दो सौ सतहत्तर मरीज स्वस्थ हुए हैं इस समय राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या बीस हजार छह सौ उनसठ है प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर मुख्यमंत्री भूपेश ने कहा है कि शासन प्रशासन की ओर से लोगों को कोरोना से बचाने की व्यवस्था की जा रही है साथ ही उन्होंने आम जनता से भी अपील की है कि वे कोरोना से बचाव के लिए जरूरी उपायों को अपनाएं इस बीच प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने जनता से अपील की है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए वे सजग रहे और सोशल डिस्टेंसिंग समेत अन्य गाईडलाइन का पालन करें उन्होंने कहा कि दुनिया भर के कई देशों में वायरस के रोकथाम को लेकर प्रयास हो रहे है देश में भी कई राज्यों में वायरस के मामले बढ़े है लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ में स्थिति नियंत्रण में है राज्य के कुछ जिलों का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि जिन जिलों में वायरस के मामले अधिक है वहां स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजी गई है उधर रायगढ़ कलेक्टर भीमसिंह ने कोरोना सैम्पल कलेक्शन सेंटर का निरीक्षण किया और वहां दो लैब टैक्निशियन को अनुपस्थित पाए जाने पर उनका एक एक दिन का वेतन काटने के आदेश दिए हैं इस बीच पूर्व अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ी तथा पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित सबा अंजुम ने भी लोगों से कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विमानतलों में कोविड स्क्रीनिंग करने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने रायपुर और बस्तर के कमिश्नरों और कलेक्टरों को आदेश जारी कर रायपुर औरं जगदलपुर एयरपोर्ट पर कोरोना स्क्रीनिंग संबंधित निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं कोरोना धरमलाल कौशिक बयान दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में कोरोना का एक बार फिर से विस्तार हो रहा है उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से राज्य में बढ़ती मौतों के लिए राज्य सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं उन्होंने कहा कि इस मामले में राज्य सरकार संवेदनशील रवैया नहीं अपना रही है श्री कौशिक ने कहा कि पूरे प्रदेश में कोरोना की रोकथाम के लिए जरूरी सामग्रियों का निःशुल्क वितरण किया जाना चाहिए साथ ही कोरोना जांच का दायरा भी बढ़ाया जाना चाहिए गुहमंत्री बैठक राज्य सरकार ने प्रदेश में अपराधों पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस अधिकारियों को आज नये सिरे से दिशा निर्देश जारी किए हैं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज अपने रायपुर रिथत निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न जिलों में कानून व्यवस्था और अपराधों की रोकथाम की समीक्षा की गृहमंत्री ने पुलिस अधीक्षकों से कहा कि अपराधों पर लगाम लगाने के लिए गुण्डे बदमाशों को चिन्हित करें पेट्रोलिंग बढ़ाएं चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरा की संख्या भी बढ़ाई जाएं साथ ही होटलों में बाहर से आने वालों पर निगरानी रखी जाएं गृह मंत्री ने कहा कि पुलिस का काम आम जनता को परेशान करना नहीं होना चाहिए

गृह मंत्री ने निर्देश दिए कि मेडिकल और आबकारी अधिकारियों से समन्वय कर नशीले पदार्थो और अवैध शराब की बिक्री पर सख्त कार्यवाही की जाएं साथ ही जुआ और सटटे के खिलाफ भी सघन अभियान चलाया जाए बैठक में संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा कि पुलिस मित्र के माध्यम से जनता को जोड़े और अपराधों पर नियंत्रण के लिए पुलिस हरकत में दिखनी चाहिए बैठक में अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू ने एयरपोर्ट और रेल्वे स्टेशनों पर यात्रियों की थर्मल स्केनिंग ऑक्सीजन स्तर की जांच कराने के निर्देश दिए और कोरोना संक्रमितों को होम क्वारेंटीन कराने को कहा पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने भी अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस को तत्परता से कार्य करने के निर्देश दिए इस वीडियो कान्फ्रेंसिंग में सभी संभागों के पुलिस महानिरीक्षक पुलिस महानिरीक्षक गुप्तवार्ता और सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक शामिल हुए मतदाता संक्षिप्त पुनरीक्षण भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राज्य में इन दिनों फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा है छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि एक जनवरी दो हजार इक्कीस की स्थिति में मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जा रहा है मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन अगले वर्ष पन्द्रह जनवरी को किया जाएगा इस विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत नए मतदाता अपना नाम जुड़वा सकते हैं पन्द्रह दिसंबर तक दावा या आपत्ति प्रस्तुत की जा सकेगी प्राप्त दावों और आपत्तियों का निराकरण पांच जनवरी दो हजार इक्कीस तक किया जाएगा संशोधन और नए नाम जोड़ने के बाद पन्द्रह जनवरी दो हजार इक्कीस को अंतिम रूप से पुनरीक्षित फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का प्रकाशन किया जाएगा ऐसे युवा जो एक जनवरी दो हजार इक्कीस की स्थिति में अट्ठारह साल की आयु पूर्ण कर रहे हैं वे अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं इसके लिए वे भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं

इस भवन का निर्माण छह करोड़ ग्यारह लाख रूपए की लागत से किया गया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल अपने निवास कार्यालय में नवनिर्मित भवन का ई लोकार्पण किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि बेहतर और व्यवस्थित कार्यालय के मिलने से अब राजस्व मंडल के कार्यों में और तेजी आएगी उन्होंने बताया कि राज्य के बीस हजार गांव में से उन्नीस हजार से अधिक गांवों का डिजिटाइज्ड नक्शा सीट भुईयां और भू अभिलेख भू नक्शा सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन किया गया है दस नगरीय क्षेत्रों में नया राजस्व अभिलेख तैयार कर लिया गया है नजूल तथा परिवर्तित अभिलेखों का डिजाटाइजेशन पूर्ण कर लिया गया है जीयो रेफरेंस्ड मैप तैयार करने की कार्रवाई की जा रही है इस अवसर पर राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली को आधुनिक बनाने को साथ साथ ई कोर्ट की व्यवस्था की गई है ई कोर्ट को माध्यम से प्रकरणों के निराकरण में और पारदर्शिता तथा तेजी आई है शिक्षक वेबीनार विश्व बाल दिवस के अवसर पर स्कूल शिक्षा विभाग के समग्र शिक्षा और स्टोरीवीवर के संयुक्त तत्वावधान में कहानी लेखन की तकनीक विषय पर वेबीनार आयोजित किया गया जिसमें छत्तीसगढ़ से बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल हुए वेबीनार के माध्यम से छत्तीसगढ़ के शिक्षकों ने कहानीकार मंच का उपयोग करके कहानी लेखन की तकनीक सीखी

बच्चे स्कूल से दूर होने के बावजूद भी पढ़ना सीखते रहें इसके लिए प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों का राज्यव्यापी अध्ययन अध्ययापन कार्यक्रम के लिए स्टोरीबुक का उपयोग करने और छत्तीसगढ़ की स्थानीय भाषाओं में स्टोरीबुक का निर्माण तथा अनुवाद करने के लिए स्टोरीवीवर का उपयोग करने प्रोत्साहित किया गया संपूर्ण शिक्षक समुदाय तक पहुंचने के लिए वेबीनार का यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम भी किया गया वेबीनार में बताया गया कि स्टोरीवीवर गोंडी हिन्दी और संथाली सहित दो सौ अस्सी भाषाओं में सत्ताईस हजार से अधिक लाइसेंस प्राप्त कहानियों का खुले तौर पर एक डिजिटल मंच है स्टोरीवीवर में ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ने बनाने अनुवाद करने और डाऊनलोड करने के लिए निःशुल्क आसान उपकरण उपलब्ध हैं डीआरएम निरीक्षण नागपुर मंडल के डीआरएम मनिंदर उत्पल ने आज राजनांदगांव रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर वहां बुनियादी सुविधाओं का जायजा लिया डीआरएम ने स्टेशन परिसर में रेल यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं को निरीक्षण के दौरान परखा और अधिकारियों को दुरूस्त करने के निर्देश दिए उन्होंने सफाई व्यवस्था की सराहना करते हुए निर्माण कार्य में देरी को लेकर नाराजगी भी व्यक्त की

कल रात सिरगिडी गांव में एक खलिहान में हाथी ने उत्पात मचाया वहीं आज जीवतरा गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली में रखे धान को हाथियों ने निशाना बनाया सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ा वन विभाग ने केशवा बकमा घनसूली परसदा बिजराडीह धरमपुर और तमोरा गांवों में मुनादी कराकर अलर्ट घोषित किया है साथ ही ग्रामीणों को ऐहतियात बरतने की सलाह दी है माओवादी आईईडी दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने गश्त के दौरान पांच किलो का आईईडी बरामद किया है सीआरपीएफ बटालियन के जवानों ने कॉडा सावली कैंप के पास बुद्धिपारा सड़क में यह आईडी बम बरामद किया है जिसे बम निरोधक दस्ते ने सफलतापूर्वक निकाल कर निष्क्रिय कर दिया यह आईईडी माओवादियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से लगा रखा था नसबंदी जागरूकता रथ परिवार नियोजन में पुरुषों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में कल से पुरूष नसंदी पखवाड़ा शुरू किया गया है पहले दिन पुरूष नसंदी के विषय में जन जागरुकता के लिए अस्पताल परिसर में बैनर पोस्टर लगाए गए इनके माध्यम से परिवार नियोजन में पुरुषों को भी भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है इसके अलावा जागरुकता रथ भी निकाला जाएगा इस दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा चार दिसंबर तक विभिन्न प्रेरक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे पुरूष नसबंदी पखवाड़े को दो चरणों में मनाया जा रहा है पहले चरण में सत्ताईस नवंबर तक मोबिलाइजेशन सप्ताह मनाया जाएगा दूसरे चरण में अट्ठाईस नवंबर से चार दिसंबर तक सेवा वितरण सप्ताह मनाया जाएगा मौसम प्रदेश में बादल छंटने के बाद ठंड ने असर दिखाना शुरू कर दिया है ग्रामीण और वनांचलों में न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है कई इलाकों में कोहरा भी देखा जा रहा है अगले तीन दिनों के बाद प्रदेश का मौसम एक बार फिर बदल सकता है मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पूर्व में मौसम में आए बदलाव का असर छत्तीसगढ़ में भी देखा जा रहा है और अगले दो दिनों में इसके असर से मौसम के शुष्क होने और तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है साथ ही कल से अधिकतम तापमान में भी बदलाव हो सकता है पच्चीस नवंबर से प्रदेश में नमी युक्त गर्म हवा आने से न्यूनतम और अधिकतम दोनों तापमान में वृद्धि हो सकती है इसके अलावा हवा की दिशा दक्षिण पूर्व होने के कारण प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में खासकर बस्तर और उसके आसपास के जिलों में बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवा के कारण बादल छाने और हल्की बारिश होने की संभावना है वहीं इसका असर सरगुजा संभाग में भी हो सकता है और इस संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ छीटें पड़ सकते हैं सत्ताईस नवंबर को प्रदेश के दक्षिणी इलाके में हल्की वर्षा अथवा गरज चमक के साथ छीटें भी पड़ सकते हैं संक्षिप्त समाचार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक कल से सरगुजा संभाग के विभिन्न जिलों में महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई करेंगी जांजगीर चांपा जिले के कनस्दा गांव के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई इस हादसे में चालक समेत दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए ये सभी मालखरौदा के रहने वाले हैं कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक महिला की हत्या करने के आरोप में उसके पति के खिलाफ मामला दर्ज किया है घटना के बाद से आरोपी फरार है कुम्हारी पुलिस ने भिलाई मार्ग पर एक वाहन से दो क्विंटल से अधिक गांजा जब्त कर अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है धमतरी में कोतवाली और साइबर तकनीकी सेल की संयुक्त टीम ने बिना डॉक्टर की पर्ची के प्रतिबंधित नशीली दवाइयां बेचने के आरोप में एक मेडिकल स्टोर्स के संचालक को गिरफ्तार किया है इसके पास से पांच हजार रूपए से अधिक कीमत की प्रतिबंधित नशीली दवाइयां जब्त की गई हैं